मीडिया से अनौौ चारिक बातचीत में उन्होंने बताया कि जिन राज्यों में गंगा बहती हैए उन राज्यों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक श्यावरण सेल होगा उत्तराखण्ड में र्यावरण सेल का गठन किया जा चुका है उन्होंने बताया कि गंगोत्री से ऋषिकेश तक का शानी शीने योग्य है और ऋषिकेश से हरिदवार से श गे जहां तक राज्य की सीमा हैए वहां तक शानी नहाने योग्य है

उन प्रोजेक्ट्स की प्रथम किस्त जारी कर दी गयी है इन प्रोजेक्ट्स में एक महीने के भीतर कार्य श्रू हो जाएगा अवकाश यात्रा रियायत वित्त मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अन्य कर्मचारियों को भी अवकाश यात्रा रियायत एलटीसी नकद वाउचर योजना में यकर छ्ट देने का फैसला किया है सरकार ने उ भोक्ता व्यय में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया है इन कर्मचारियों में राज्य सरकारोंए सार्वजनिक क्षेत्र के उ क्रमोंए बैंकों और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं सरकार के इस कदम से गैर सरकारी कर्मचारी भी अ ने नियोक्ताओं से करमुक्त नकद राशि ले ाएंगे लेकिन इसके लिए उनके कार्य संविदा में सरकारी क्षेत्र की तरह एलटीसी योजना शामिल होनी चाहिए वस्त्रओं और सेवाओं की खरीददारी डिजिटल माध्यम से जीएसटी ंजीकृत विक्रेताओं से ही करनी होगी

गंगा तट हरिदवार तीर्थ नगरी हरिदवार में गंगा घाटों को स्वयंसेवी संस्थाओं को गोद दिया जाएगा जो इन घाटों का रखरखाव करेंगे स्वयंसेवी संस्थाएं गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण र भी ध्यान देंगे जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि गंगा तटों पर बने घाटों में भारी संख्या में श्रद्धाल् स्नान करते हैं अब इनके रखरखाव और देखभाल के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रस्ताव दिए हैं जो इन्हें गोद लेना चाहते हैं जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसी संस्थाओं को चिन्हित कर उनसे बातचीत कर इन घाटों को गोद दिया जाएगा प्रयोग के तौर प्र कुछ घाट प्रहले से ही स्वयंसेवी संस्थाओं को दिए गए हैं जिसके काफी अच्छे शरिणाम देखने को मिले हैं हिम तेंदा उत्तराखंड में हली बार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले हिम तेंद्ओं की गणना दो नवंबर से शुरू होगी वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि इसके लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है चार चरणों की इस गणना के नतीजे अगले साल घोषित किए जाएंगे

ये उत्तरकाशीए टिहरीए रुद्रप्रयागए िथौरागढ़ए बागेश्वरए बदरीनाथए केदारनाथ वन प्रभागों के साथ ही नंदादेवी बायोस्फीयर रिजर्वए गंगोत्री नेशनल ार्कए गोविंद वन्यजीव विहार के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में देखे जाते रहे हैं यहां लगे कैमरा ट्रैैै में अक्सर इनकी तस्वीरें कैद हई हैं

इसमें हिम तेंद्ओं के फ्टमार्कए मल के नमूने लेने के साथ ही उन्हें प्रत्यक्ष भी देखा जाएगा जगह जगह कैमरा ट्रै लगाकर इनकी तस्वीरें ली जाएंगी इन तस्वीरों का विश्लेषण कर इनकी गणना की जाएगी

वाहन स्वामियों को वाहनों की फिटनेस कराने के लिए ऑनलाइन ही गाड़ी के दस्तावेज जमा करने होंगे रिवहन विभाग के कर्मचारी सॉफ्टवेयर के जरिए वाहनों के दस्तावेज चेक कर उनको क्छ ही मिनटो में फिटनेस प्रमाण त्र जारी कर देंगे संभागीय रिवहन अधिकारी राजीव मेहरा ने बताया कि ई फिटनेस के माध्यम से काम में शारदर्शिता थ एगी

हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण ग्रुदवारे में मत्था टेकने के लिए थ ने वाली संगतों और श्रदधालुओ की संख्या कम है

ग्रुद्वारा कमेटी के प्रबन्धक बाबा श्याम सिंह ने बताया कि रीठा साहिब में हर साल वैशाख प्र्णिमा प्र सालाना जोड़ मेले का थ योजन किया जाता है लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण इसे स्थगित किया गया था उन्होंने बताया कि अब स्थिति सामान्य होने के कारण जिला प्रशासन की अन्मति और कोविड नियमों के अन्रू इसका योजन किया गया है शरद र्णिमा शरद प्र्णिमा के अवसर सर गोरखा समाज के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को जौए दही और चावल का टीका लगाकर उनके साथ दशहरा शर्व मनाया दशहरा शर्व गोरखा समाज द्वारा ांच दिन तक मनाया जाता है मुख्यमंत्री ने गोरखा समाज के लोगों को दशहरे और शरद र्णिमा की श्भकामनाएं दी

राज्य ाल बेबी रानी मौर्य ने मुस्लिम समुदाय को ईद ए मिलाद उन नबी बारावफात र्व र बधाई और शुभकामनाएं दी हैं अ ने संदेश में राज्य ाल ने कहा कि प्रैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब ने करूणाए प्रेम और सद्भाव की शिक्षा दी थी राज्य ाल ने सभी से मिलजुल करए प्रेम और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अधील की

राज्यपाल नैनीताल राज्य ाल बेबी रानी मौर्य ज नैनीताल स्थितर राजभवन हूंचीं जहां र प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया

भांग की खेती बागेश्वर जिले की प्रेलिस ने भांग की अवैध खेती के खिलाफ अभियान श्रू किया है लिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा भांग की खेती को नष्ट करने के लिए दलबल के साथ ांच किलोमीटर की दल दूरी तय कर छोटी न्याली हंचे

भूमि स्वामी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है